यह परियोजना केन्द्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित प्रसाद योजना के तहत स्वीकृत की गई है इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल रूप से शामिल हुए समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री पटेल ने बताया कि इस परियोजना के लिए पर्यटन मंत्रालय ने पैंतालीस करोड़ तैंतीस लाख रूपये की राशि स्वीकृत की है इस परियोजना के तहत मंदिर परिसर में पहाड़ी की बायी तरफ करीब साढ़े नौ एकड़ क्षेत्र में श्रीयंत्र डिजाइन का निर्माण किया जाएगा इसमें पर्यटकों को होटल रेस्त्रा उद्यान खेल मैदान और ऑडिटोरियम जैसी जरूरी सुविधाएं मिलेंगी साथ ही मंदिर तक पहुंचने के लिए एप्रोच रोड बनाई जाएगी और मंदिर जाने वाली सीढ़ियों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा गौरतलब है कि केन्द्र सरकार की तीर्थस्थल पुनरुद्वार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान अर्थात प्रसाद योजना के तहत अब तक देशभर में तेरह परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं इस योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए पूरी राशि केन्द्र सरकार प्रदान करती है कोविड टीका हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड के दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन प्रतिरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह सुरक्षित है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन की खुराक लेकर स्पष्ट संदेश दे दिया है कि इस वैक्सीन में कोई त्रुटि नहीं है और अब इसके बारे में सभी प्रकार की भ्रांतियों को हमेशा के लिए दूर कर दिया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि वैक्सीन के दुष्प्रभाव भी नहीं के बराबर है और इक्का दुक्का मामले में ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है देश में कोविड का टीका लगवाने वालों की संख्या आज एक करोड़ अड़तालीस लाख चौव्वन हजार से ज्यादा हो गई है इधर छत्तीसगढ़ में अब तक दो लाख पच्चीस हजार से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है कल से शुरू हुए टीकाकरण के दूसरे चरण में वरिष्ठ नागरिकों और पैंतालीस वर्ष से आयु के बीमार लोगों ने उत्साह से कोरोना टीका लगवाया प्रदेश में इस समूह के करीब तीस लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है इस बीच राज्य में पिछले सप्ताह एक हजार सात सौ दस व्यक्ति कोरोना पॉजीटिव पाए गए जिनमें इंक्यावन से साठ वर्ष आयु के तैंतीस प्रतिशत लोग शामिल थे राज्य स्तरीय डेथ ऑडिट समिति द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार यह बात सामने आई है कि लक्षण के बावजूद कोरोना जांच नहीं कराने वाले लोग खासतौर से कोरोना संक्रमित पाए गए हैं समिति के सदस्य और यूनिसेफ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीधर ने कहा है कि हल्के लक्षण आने पर भी बुजुर्गों को तुरंत कोरोना जांच करानी चाहिए कोरोना मास्क जुर्माना प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन द्वारा लगातार ऐहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क पहनने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है साथ ही मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए जुर्माना भी लगाया जा रहा है इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में पुलिस ने बिना मास्क लगाए घर से निकले सैंतीस लोगों से तीन हजार सात सौ रूपये की वसूली की किसान विद्युत कनेक्शन प्रदेश में किसानों के स्थायी विद्युत कनेक्शन के लिए लंबित पैंतीस हजार से अधिक कृषि पम्पों का ऊर्जाकरण किया जाएगा यह घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में की इसके साथ ही विद्युत कनेक्शन के लिए लंबित सभी कृषि पम्पों को अगले वित्तीय वर्ष में स्थायी विद्युत कनेक्शन देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी गौरतलब है कि इस वर्ष प्रदेश में दस हजार पांच सौ चार पम्पों को विद्युत कनेक्शन दिया गया है विद्युत कनेक्शन देने से प्रदेश के किसानों को दो फसल लेने के दौरान सिंचाई की सुविधा मिलती रहेगी विधानसभा समाचार छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज एक महिला माओवादी की आत्मसमर्पण के मामले में विपक्षी सदस्यों ने स्थगन पेश किया और इस पर चर्चा की मांग की नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक शिवरतन शर्मा और अजय चंद्राकर ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि पुलिस निर्दोष ग्रामीणों को प्रताड़ित कर रही है महिला की खुदकुशी को आत्महत्या बताए जाने को लेकर विपक्षी सदस्यों ने सदन में हंगामा किया इसके बाद आसंदी ने सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी एक ध्यानाकर्षण के जरिये भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों की एंटीबायोटिक सीरप खरीदी के मामले को लेकर सरकार पर अमानक दवा खरीदी का आरोप लगाया जवाब में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि विभाग ने दवा के सिर्फ एक बैच में गड़बड़ी पाई है और इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है उन्होंने कहा कि दवा आपूर्ति के पहले अधिकृत प्रयोगशालाओं से गुणवत्ता की जांच कराई जाती है इस मामले में भी दवा की गुणवत्ता की जांच कराई गई थी और इस संबंध में अमानक दवा पाए जाने पर संबंधितों से भुगतान राशि की वसूली की कार्रवाई की गई है इसके अलावा आज सदन में बजट पर सामान्य चर्चा की शुरूआत हुई इस चर्चा में पक्ष और विपक्ष के सदस्य अपने विचार रख रहे हैं गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने कल राज्य का बजट पेश किया था आज और कल बजट पर सामान्य चर्चा होगी वहीं चार मार्च से विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा की शुरूआत होगी

यह भर्ती रैली बारह मार्च तक चलेगी इस भर्ती रैली में छत्तीसगढ़ के अट्ठाईस जिलों के करीब चालीस हजार उम्मीदवार शामिल होंगे भर्ती रैली में सैनिक सामान्य ड्यूटी लिपिक तकनीकी नर्सिंग और ट्रेडमैन के पदों पर भर्ती की जाएगी रायपुर जिले के आवेदकों के लिए छह सात और दस मार्च की तिथि निर्धारित की गई है आयोजकों ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भर्ती में शामिल होने वाले उम्मीदवारों से चिकित्सा अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र लाने के लिए कहा है उम्मीदवारों के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी भर्ती रैली के संबंध में पूछताछ के लिए कंट्रोल रूम जिला रोजगार कार्यालय मालवीय नगर दुर्ग में स्थापित किया गया है धान ई नीलामी प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष दो हजार बीस इक्कीस में उपार्जित सरप्लस धान की नीलामी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कल तीन मार्च से शुरू होगी नीलामी के लिए अब तक तीस बिडर्स का पंजीयन किया जा चुका है प्रथम सप्ताह की नीलामी में धमतरी बिलासपुर गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जांजगीर चांपा मुंगेली रायगढ़ बालोद बेमेतरा दुर्ग कवर्धा राजनांदगांव बलौदाबाजार गरियाबंद और महासमुंद जिले की एक सौ चवालीस समितियों से तीन लाख नवासी हजार मीटरिक टन अतिशेष धान की नीलामी की जाएगी

इसमें सामान्य वर्ग के सत्ताईस सामान्य महिला वर्ग के तेरह अन्य पिछड़ा वर्ग के बारह अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के छह अनुसूचित जनजाति वर्ग के दो अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग के एक तथा अनुसूचित जाति वर्ग के छह और अनुसूचित जाति महिला वर्ग के तीन पदों का आरक्षण किया गया है आरक्षण की प्रक्रिया दूर्ग जिला कलेक्टोरेट में की गई इस मौके पर विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे रेलवे यात्री सहायता रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं कोई भी यात्री हेल्पलाइन नंबर एक तीन नौ और रेल मदद वेबसाइट ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है उसका तत्काल निवारण रेलवे की ओर से किया जाएगा नंदकुमार चौहान निधन मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खंडवा के सांसद नंदकुमार चौहान का आज नई दिल्ली में निधन हो गया छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया ने श्री चौहान के निधन पर अपनी श्रद्वांजलि अर्पित की है वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और पार्टी की प्रदेश इकाई ने भी श्री चौहान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए इसे पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति बताया है भिलाई पावर प्लांट हादसा दुर्ग जिले के भिलाई स्थित एनएसपीसीएल के पावर प्लांट में बीती रात चिल्ड वाटर प्लांट का स्लैब ट्रटने से एक इंजीनियर की मौत हो गई बताया जाता है कि असिस्टेंट भैनेजर के पद पर कार्यरत् यह इंजीनियर कूलिंग टॉवर का निरीक्षण करने पहुंचा था इसी दौरान स्लैब दूटने से इंजीनियर पानी टंकी में गिर गया जिसका शव सुबह बरामद किया गया मुत युवा इंजीनियर आंध्रप्रदेश का रहने वाला था मृत्यु के कारणों की जांच के लिए एनएसपीसीएल की ओर से पांच सदस्यीय टीम का गठन किया गया है माओवादी हमला सुकमा जिले में माओवादियों ने एक मालवाहक वाहन पर तीर बम से हमला कर दिया इस हमले में वाहन का हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गया है मिली जानकारी के अनुसार एक मालवाहक वाहन दोरनापाल नगर से लगे जंगल की ओर जा रहा था तभी माओवादियों ने वाहन में तीर बम से हमला कर दिया घटना के बाद सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों ने घायल हेल्पर को दोरनापाल के अस्पताल में भर्ती कराया रेफरी सेमिनार प्रदेश के पच्चीस खिलाड़ी अब रेफरी की भूमिका अदा करेंगे राजनांदगांव में मिनी फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा तीन दिवसीय राज्य स्तरीय रेफरी सेमिनार का आयोजन किया गया इसमें प्रदेशभर के पच्चीस प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया इस सेमिनार में राष्ट्रीय रेफरी प्रशिक्षक निहार शाह ने प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया उन्हें मिनी फुटबॉल खेल के नियमों के बारे में जानकारी दी गई और लिखित तथा मौखिक परीक्षा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण हए सभी पच्चीस प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय रेफरी घोषित कर उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया गया

मतदाता नौ मार्च तक दावा आपत्ति कर सकते हैं

जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया